मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने केन्द्र से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेललाइन के लिए शत प्रतिशत निधि प्रदान करने का किया आग्रह केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा धौलासिद्ध और लुहरी परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के केलवी में जन समस्याएं सुनी उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहंचाने के लिए तालमेल से कार्य करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि समस्याओं का निवारण कर लोगों को लाभ प्रदान करना जन प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का भी नैतिक कर्तव्य है जल शक्ति महेन्द्र सिंह ठाक्र ने चंबा ज़िले की सुनारा पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने विकास कार्यों में जन सहयोग की अपील की और पंचायत चुनावों में बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए सभी से मताधिकार के प्रयोग का आहवान किया उन्होंने पौधरोपण कर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन ज़िले के बथालंग में जन शिकायतों की सुनवाई की उन्होंने कहा कि जनमंच का उद्देश्य लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार पर सुनिश्चित बनाना है मंडी ज़िले में जनमंच कार्यक्रम द्वंग क्षेत्र के नगवाईं में आयोजित किया गया इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकार प्रशासन और आम जनता के बीच एक सेतु का काम करता है उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आती है तब तक दिशा निर्देश के अनुसार ही जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किन्नौर ज़िले के ज्ञाबूंग में जनसमस्याएं सुनी उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनजातीय व द्रदराज क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने हमीरपुर ज़िले के लोहारली में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि आम लोगों के हित में राज्य सरकार ने पहले दिन से ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं

कांगड़ा ज़िले के बैजनाथ क्षेत्र के कृष्णनगर में वन मंत्री राकेश पठानिया कार्यक्रम में मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि जनमंच के अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन भी जन समस्याओं के समाधान में लोकप्रिय बन रही है कुल्लू में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने जन समस्याएं सुनी उन्होंने अधिकारियों को पेयजल और बिजली से जुड़ी अनेक समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए सिरमौर ज़िले में जनमंच कार्यक्रम रेणुका क्षेत्र के कोरग में आयोजित किया गया

उन्होंने कहा कि ज़िले में आगामी दो वर्षों में बिजली की समस्या का पूरी तरह समाधान सुनिश्चित बनाया जाएगा ऊना ज़िले के हरोली में हुए कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने को प्रतिबद्ध है बिलासपुर ज़िले चांदपुर में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने जन समस्याएं सुनी जन सुनवाई इस बीच प्रदेश में आज हुए जनमंच कार्यक्रमों में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया गया

भेंट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेललाइन के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय निधि प्रदान करने का आग्रह किया है उन्होंने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल से भेंट की और कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित साधन है मुख्यमंत्री ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और रेल लाईनों के लिए नए रूट चिन्हित करने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क का विस्तार प्रदेश की काफी समय से लंबित मांग है और भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन से प्रदेश में सम्पर्क सुविधा अधिक सुदृढ़ हो सकेगी जयराम ठाकुर ने केन्द्र से ऊना में बल्क ड्रग फार्मा स्थापित करने के लिए सहयोग का भी आग्रह किया इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि धौलासिद्व और लुहरी परियोजनाएं प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगी उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जहां हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं प्रदेश सरकार की आय में भी वृद्धि होगी अनुराग ठाक्र आज हमीरपुर ज़िले के टौणी देवी में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश का भरपूर सहयोग किया है इसके अलावा किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चौरी गांव में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के समारोह में भी शिरकत की और कामगारों को साईकिले व अन्य सामान वितरित किया उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार ने मनरेगा के लिए एक लाख एक हज़ार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और ये राशि पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च की जा रही है उन्होंने सुजानपुर में खोखाधारकों के लिए बनने वाली पक्की दुकानों सहित स्टेडियम का शिलान्यास भी किया

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी का चिंतन भारतीय परम्परा पर आधारित है और वे अंतिम सांस तक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत्त रहे राज्यपाल ने शताब्दी कार्यक्रम पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से बिजली व पानी की दरों सहित बस किरायों में की गई वृद्धि को तुरंत वापिस लेने की मांग की है उन्होंने शिमला में कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है और पार्टी ने इस मुददे को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है

जाइका परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी नागेश गुलेरिया ने बताया कि इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को वन के साथ जोड़कर आजीविका कमाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है मांग ट्ररिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से वॉल्वो बस सेवा जल्द शुरू करने की मांग की है एसोसिएशन के ट्रेवल चैप्टर के वरिष्ठ उपप्रधान अनिल भारद्वाज ने रेलवे से भी सभी रूटों पर कालका और चण्डीगढ़ तक रेल सेवा बहाल करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इससे मुश्किल दौर से गुजर रही ट्रेवल व टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत मिल सकेगी सैनिटाईजेशन धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के सुगम केन्द्र में एक कोरोना मामला आने के बाद आज कार्यालय को सैनेटाईज किया गया उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि आगामी कल से सुगम केन्द्र को एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा शिलान्यास बिंदल नाहन क्षेत्र की बनेठी पंचायत में गौंत नाले पर बनने वाले जल संग्रहण बांध का विधायक राजीव बिंदल ने आज शिलान्यास किया उन्होंने क्षेत्र में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए